लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न हैल्पलाईन नम्बरों से लोगों को काफी राहत मिली है

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

कुल्लू जिले में एक मात्र कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब कुल्लू जिला कोरोना मुक्त हो गया है